यहां के रेलवे इंस्टीट्यूट मैदान पर श्री मोदी की सभा होगी

प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है मुख्य सचिव एस आर मोहंती ने कल वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा श्री मोदी की यात्रा के संबंध में सुरक्षा और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की

यह अवार्ड भारत सरकार के शहरी एवं आवास मंत्रालय द्वारा दिये जाते हैं नगरीय विकास और आवास मंत्री जयवर्द्वन सिंह ने इस उपलब्धि के लिए भोपाल और उज्जैन स्मार्ट सिटी के स्टॉफ को बधाई दी है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

आवेदन पत्र आकाशवाणी भोपाल से भी प्राप्त किये जा सकते हैं

संगीता गोस्वामी अपने साथियों के साथ मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगी इसके बाद सुप्रसिद्ध उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला वादन होगा

मौसम प्रदेश में पिछले चार दिन से पड़ रही कड़ाके की ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिली है दिन में तेज ध्यप की वजह से तापमान में इजाफा हुआ है